प्रधानमंत्री सहित सभी नेताओं ने किया शोक व्यक्त

पीएम संवाद सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ख्ले दिमाग के लोकतांत्रिक और पारदर्शी समाज नवाचार के लिए सबसे उपयुक्त है आज छठे भारत जापान संवाद सम्मेलन को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक विकास पर चर्चा सिर्फ क्छ देशों के बीच नहीं हो सकती है उन्होंने जोर दिया कि इस चर्चा का एजेंडा व्यापक होना चाहिए और विकास की रूपरेखा मानव केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित होनी चाहिए

क्रोरोना वैक्सीन केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि अगले महीने किसी भी सप्ताह में हम इस स्थिति में आ जायेंगे कि देशवासियों को कोविड टीके की पहली ख्राक दी जा सके एक समाचार एजेंसी से बात करते हए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि विशेषज्ञों के परामर्श के बाद सरकार ने कोविड टीके को लगाने के लिए तीस करोड लोगों की प्राथमिकता तय की है इनमें स्वास्थ्यकर्मी तथा पुलिस सेना और स्वच्छताकर्मी जैसे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता शामिल हैं यह टीका पचास वर्ष से अधिक आयु के लोगों को तथा पचास वर्ष से कम आय् के उन लोगों को भी दिया जाएगा जो क्छ अन्य बीमारियों से ग्रस्त हैं

नीमच जिले में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है

छतरपुर में कोरोना जागरूकता अभियान के तहत लोक संपर्क ब्यूरो के जागरूकता रथ को सांसद डॉ वीरेंद्र कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जन आंदोलन भिंड की समाजसेवी दीप्ति भदौरिया ने प्रधानमंत्री के कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन को अपना समर्थन दिया है

भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में म्ख्यमंत्री ने कृछ हितग्राहियों से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये संवाद भी किया अपने संबोधन में श्री चौहान ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान सरकार की कोशिश है कि गरीब की थाली खाली न रहे

उन्होंने बताया कि सरकार स्ट्रीट वेंडर के लिए परिचय पत्र जारी करेगी जिससे पथ विक्रेताओं को कोई परेशान न करे

श्री वोरा को मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए छह बार चना गया और वे दो बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे वे चार बार राज्यसभा सदस्य रहे और एक बार लोकसभा के लिए भी चुने गए वे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और केंद्र सरकार में स्वास्थ्य और नागरिक उड्डयन मंत्री भी रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री वोरा के निधन पर द्रख व्यक्त करते हए कहा कि वोरा जी कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से थे कांग्रेस नेता राहल गांधी ने कहा कि मोतीलाल वोरा एक सच्चे कांग्रेसी थे और पार्टी उन्हें हमेशा याद रखेगी

कुषि कार्रवाई उमरिया जिले मे नये कृषि कानून के तहत मानपुर एसडीएम सिद्धार्थ पटेल ने पहली कार्यवाही की गई

रीवा उमरिया जबलप्र जिलों में खासतौर पर शीतलहर का असर बना हआ है वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि वर्तमान में जम्मु कश्मीर और लद्दाख पर एक पश्चिमी विक्षोभ ऊपरी हवा के चक्रवात के रूप में है उसके प्रभाव से हवा का रुख उत्तर पूर्वी हो रहा है इससे ऊंचाई पर बादल आने का सिलसिला शुरू हो गया है इससे दिन के तापमान पर विशेष असर नहीं होगा लेकिन रात के तापमान में आज से क्छ बढ़ोतरी होने लगेगी इससे ठंड से मामूली राहत मिलने की उम्मीद है हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने के साथ ही तापमान में फिर गिरावट का दौर शुरू हो जाएगा